और इक्कीस जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन पूर्व प्रदेश में तैयारियां शुरू

श्री मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री ने वर्ष दो हज़ार चौबीस तक भारत की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डालर बनाने का लक्ष्य भी रखा

उन्होंने राज्यों से निर्यात बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आहवान किया इसके अलावा परिषद की बैठक की कार्यसूची में शामिल अन्य महत्वपूर्ण मुददों जैसे जल संचय कृषि सुधार आकांक्षी ज़िलों के कार्यक्रम सुखे की स्थिति और राहत उपायों और भावी विकास प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी नयी सरकार के गठन के बाद नीति आयोग की संचालन परिषद की यह पहली बैठक है शासी परिषद राष्ट्रीय विकास एजेण्डे के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के उद्देश्य से अन्तरक्षेत्रीय अन्तर विभागीय और संघीय मुददों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है

उन्होंने कहा कि औद्योगिक वातारण के लिए बेहतर कानून व्यवस्था होना जरूरी है और सरकार न इस दिशा में पिछले दो सालों में प्रभावी कदम उठाये हैं जिसे उद्यमियों ने ज़रूर महसूस किया होगा इस दौरान श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्रम क़ानून में संशोधन किया है ताकि उद्योग संचालन में अनावश्यक बाधा न पैदा हो उन्होंने औद्योगिक इकाइयो की मूलभूत ज़रूरतों पर व्यापक चर्चा कर अधिकारियों को इस दिशा में ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने नोयडा विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के बायर्स और बिल्डर्स के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना श्री योगी ने कहा कि सरकार बायर्स की समस्याओं के प्रति सजग है और उनके हितों के साथ खिलावाड़ करने की इज़ाजत किसी को नहीं देगी उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोयडा में सरकार अब तक लगभग एक लाख बायर्स को फ्लैट उपलब्ध करा चुकी है

श्री मौर्य आज अयोध्या में आयोजित सन्त सम्मेलन में शामिल होने र्के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इक्यावन प्रतिशत मत हासिल हुए हैं और वह विधान सभा चुनाव में इसे साठ प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है श्री मौर्य े ने कहा कि हाल के आम चूनाव में गठबन्धन सहित अन्य राजनीतिक दलो के जाति आधारित सभी समीकरणों को प्रदेशवासियों ने ध्वस्त कर दिया है उन्होंने कहा कि भविष्य में भी लोग नकारात्मक राजनीति करने वालों को सबक सिखायेंगे राम मन्दिर निर्माण के प्रश्न पर उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मन्दिर का निर्माण ज़रूर होगा

श्री सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने डीआरडीओं के वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता और समर्पण की प्रशंसा की

बाद में पत्रकारों से बातची करते हुए श्री यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता चरम पर है और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है श्री यादव ने कहा कि इस बारे में राज्यपाल को ज्ञापन देकर उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की माँग की गयी है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

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर छः में से एक वरिष्ठजन के साथ किसी न किसी तैरह का दूर्व्यवहार होता है इसमें शारीरिक मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है इस स्थिति के मददेनजर दिसम्बर दो हजार ग्यारह में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बूजूर्गो का अपमान और उनके प्रति किये जाने वाला द्वर्यवहार्र रोकने के लिए अधिकारिक रूप से इस दिवस की मान्यता प्रदान की थी इस अवसर पर लखनऊ के शिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि परिजनों को वृद्धजनों से रिश्तों को सहजने की जरूरत है बढती उम्र में इन बुजुर्गो के दर्द को समझना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए श्री नाईक ने कहा कि वह सिर्फ दया और करूणा के पात्र नहीं है बल्कि उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा पूंज के समान है गाइड समाज कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने बुजुर्गो के आदर और सम्मान के लिए लोगों को शपथ दिलायी तथा वृद्धजनों को सम्मानित भी किया

कन्नौज में जिलाधिकारी रवीन्द्र क्मार ने आज भारक सरकार के योग पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि यह योग पखवाड़ा योगाभ्यास के रूप में मनाया जायेगा उन्होंने बताया कि कल चार सौ से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेन्टरों पर सजीव प्रसारण के ज़रिये लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया उधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयागराज स्थित क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो और क्षेत्रीय रामायण मेला आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में जिले में कौडिहार ब्लाक के आनापुर गाँव में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयेाजन किया गया इस अवसर पर वक्ताओं ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि लोगों को इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि जिन उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीकरण कराया था वह अब इक्तीस अगस्त तक किस्तों में बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे यह सुविधा आज से प्रभावी हो गयी है

श्रीमती सीतारमन कल नई दिल्ली में बजट पूर्व छठी परामर्श बैठक के दौरान प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य ँऔर अन्य ब्रनियादी ढाँचे से सम्बन्धित सेवाओं में सार्वजनिक निवेश नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण निर्धारक है बैठक में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने रोज़गारपरक विकास व्यापक आर्थिक स्थिरता राजकोषीय प्रबंधन और निवेश बढ़ाने पर खासतौर से विचार किया गया अर्थशास्त्रियों ने आगामी बजट को अगले पाँच वर्ष की वित्तीय रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह मेक इन इण्डिया पहल के माध्यम से विनिर्माण बढ़ाने का खास अवसर होगा